मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात आज शिमला में जम्मू कश्मीर उत्तराखण्ड हिमाचल और लद्दाख के हितकरों के लिए पहाड़ी शहरों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की चुनौतियां विषय पर आयोजित कार्यशाला के उदघाटन अवसर पर कही मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी हिमाचल के निर्माण के लिए सभी सरकारी एजेंसियों व गैर सरकारी संगठनों के सामूहिक प्रयासों की जरूरत है इसके माध्यम से एक समग्र सक्रिय बहआपदा प्रौद्योगिकी संचालित और समुदाय आधारित रणनीति विकसित कर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रही है

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी चिंता जताई कि लोग अभी भी ऐसे घरों में रह रहे हैं जो मजबूत स्थिति में नही हैं सुरेश भारद्वाज शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि विद्यार्थी नैतिक व संस्कार युक्त शिक्षा को महत्व दें ताकि उनका सम्पूर्ण विकास हो सके शिक्षा मंत्री आज शिमला के संजौली में एक निजी स्कूल के खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे उन्होंने वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में शारीरिक व बौद्विक विकास पर बल दिया ताकि विद्यार्थी के व्यक्तित्व में निखार आ सके उन्होंने युवा पीढ़ी को नशाखोरी के दलदल से भी दूर रहने की नसीहत दी और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने का भी आहवान किया राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केन्द्र सरकार पर प्रदेश से भेदभाव का आरोप लगाया है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा है कि विकास के नाम पर प्रदेश के लोगों को केन्द्र बार बार ग्मराह कर रहा है

उन्होंने केन्द्र के इस निर्णय को प्रदेश के लिए बड़ा झटका भी करार दिया है राठौर ने धर्मशाला व पच्छाद उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार वापसी की उम्मीद भी जताई है

परिषद के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रदर्शनी व बिक्री का शुभारम्भ अतिरिक्त सचिव आर डी धीमान करेंगे कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सिकंदर कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना में भी कई नवाचारों की सम्भावनाएं उपलब्ध है कुलपति आज विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना परामर्श दात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि एनएसएस के मूल कार्यक्रमों के अतिरिक्त नई गतिविधियां की जानी चाहिए लेकिन विशेष ध्यान विशेषज्ञ पर ही रहना चाहिए हड़ताल बैंकों के विलय के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज हिमाचल में भी खासा असर नजर आया राज्य में अधिकांश स्थानों पर बैंकों में कोई कामकाज नहीं हआ और बैंक कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने धरने प्रदर्शन कर विलय का विरोध किया हालांकि निजी और सहकारी क्षेत्र के बैंक कर्मियों ने अपने आप को इस हड़ताल से अलग रखा त्यौहारों के मौसम में हुई बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की इस हड़ताल से लोगों खासकर कारोबारियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा हड़ताल का आहवान ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी एसोसिएशन और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने किया था

हिमउर्जा के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि ये लक्ष्य राज्य में सौर उर्जा के तीव्र दोहन के लिए निर्धारित किया गया था

कर्मचारी हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने आयुर्वेद घोटाले की जांच में छोटे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार से मांग की है